कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें क्रोविड एसओपी प्रदेश में कोविड की दूसरी लहर में संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने नई एसओपी जारी की है इसके अन्सार सभी जिलों में साढ़े दस बजे से सूबह पांच बजे तक रात्रि कफ्र्यू प्रभावी कर दिया गया है

सार्वजनिक वाहनों में अब अधिकतम पचास प्रतिशत सवारियां ही बैठायी जा सकेंगी कोचिंग संस्थानों स्वीमिंग पूल और स्पा केन्द्रों के संचालन पर रोक लगा दी गयी है

कन्टेंटमेंट जोन या माईक्रो कन्टेंटमेंट जोन में सभी गतिविधियों पर प्रतिबन्ध प्रभावी रहेगा

इन संस्थानों में छात्र छात्राओं को ऑनलाइन पढ़ाई कराई जायेगी राज्य के अन्य जिलों के शिक्षण संस्थान ख्ले रहेंगे जहां ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में पढ़ाई होगी उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य के अधिक जनसंख्या वाले मैदानी जिलों में कोरोना का प्रभाव अधिक देखा जा रहा है

उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हए छात्रों और शिक्षकों को कोविड संक्रमण के नियमों का पालन करते हए पठन पाठन का कार्य जारी रखना होगा

उन्होंने कहा कि संतों और उनके अन्यायियों को स्रक्षित रखना पहला लक्ष्य है

निरंजनी अखाड़े के सचिव और मेला प्रभारी रविंद्र प्री ने कहा कि कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और अखाड़ों में भी कई संत पॉजिटिव मिले हैं इसलिए सभी के स्वास्थ्य और सूरक्षा को देखते हए निरंजनी अखाड़ा ने खूद संज्ञान लेते हए महाकृंभ मेले के समापन की घोषणा कर दी है

कल तक सभी छावनियों को खाली कर दिया जाएगा और संत अपने अपने स्थानों की ओर रवाना हो जाएंगे उधर बैरागी अखाड़े निरंजनी अखाड़े के इस निर्णय के साथ नहीं हैं

चम्पावत के जिलाधिकारी विनीत तोमर ने बताया कि बैठक में कोविड संक्रमण के बढ़ते प्रभाव सीमा विवाद तस्करी सूखा बन्दरगाह सहित विभिन्न मुद्दों में चर्चा की गई जिसमें दोनों देशों के अधिकारियों दवारा थ पसी सामंजस्य से समस्याओं को स्लझाने पर सहमति बनी

उन्होंने विभागीय अधिकारियों को राशन और चीनी में की गई बढ़ोतरी के सम्बन्ध में प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिये

बैठक बागेश्वर बागेश्वर में उपजिलाधिकारी जयवर्दधन शर्मा ने कोविड के बढ़ते मामलों के मददेनजर व्यापार मंडल पेट्रोल पंप संचालक और टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की

मास्क न पहनने वाले लोगों को किसी भी तरह से सामान उपलब्ध न कराया जाय उन्होने पेट्रोल पंप संचालकों से कहा कि बिना मास्क के लोगों को पेट्रोल और डीजल न दे छापा रूडकी रूड़की के भगवानप्र थाना क्षेत्र के लकेश्वरी में ड्डग्स विभाग और पृलिस टीम ने नकली दवाई बनाने वाली कंपनी में छापा मारा

साथ ही अलग अलग दवाई कंपनियों के रैपर भी मिले हैं

ड्रग इंस्पेक्टर ने कहा कि फिलहाल कंपनी को सील कर दिया गया है

लोग विभाग से संबंधित प्रार्थना पत्र प्रवेश पत्र कार्यालय में जमा कर सकते हैं